प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट किसानों और कामगार वर्गों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है पश्चिम बंगाल के ठाक्रनगर में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही बाइट देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों के ऋण माफ करने के झूठे दावे कर रहा है उन्होंने कहा कि ऋण माफी की राजनीति किसानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार मध्यम वर्ग का सम्मान करती है और उसने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पारिवारिक बजट नियंत्रण में रहे पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया गया है समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण और विकास सबके लिए सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई इससे वंचित न रहे श्री गोयल ने कहा कि नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ उठाये गये कदमों से सरकार की कर वसूली से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी हुई है कालेधन के खिलाफ अभियान और नोटबंदी के कारण हमारा कर संकलन बढ़ा है और कर दायरे का भी विस्तार हुआ है हमारा मानना है कि इस फायदे का कुछ हिस्सा मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए क्योंकि देश के यह नागरिक आगे बढ़कर औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं उद्योग और व्यापार प्रमुखों ने केन्द्रीय बजट को विकास मूलक बताते हुए इसका स्वागत किया है और कहा है कि इसमें किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर खासतौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमनी ने कहा है कि देश में छाटे और सीमान्त किसानों को दी गई रियायतें बड़ा सकारात्मक कदम है उन्होंने कहा कि बजट में करों में छूट से कॉरपोरेट क्षेत्र को मदद मिलेगी और उपभोग बढ़े गा बाइट देश में लघु और सीमांत किसानों को वे दो हजार रुपये की तीन किस्तों में वार्षिक राहत दे रहे हैं मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ा अनुकूल प्रयास है भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक चन्द्रजीत बैनर्जी ने बजट को अच्छा और विकासोन्मुखी बताया है बाइट ये फार्मर्स के लिए है वर्कर्स के लिए है मिडिल क्लास के लिए जो है जिसके लिए कंजमस्न डिमांड जो है उसको काफी उत्साह देगा कंजमस्न डिमांड को उत्साह देने का मतलब है इंडस्ट्रीज को उत्साह देना इंडस्ट्रिएलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज का भी फोरकास्ट स्ट्रांग होगा तो हमको यह मानना है कि ये एक बजट जो काफी इकोनॉमी ओरिएंटेड था

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा है कि अंतरिम बजट विकास मूलक है और इससे देश के तेजी से बढ़ रहे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री विजय कलंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाये गये आयकर और स्रोत पर कटौती सीमा में बढ़ोतरी जैसे राहत उपायों से रीयल स्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने एनडीए सरकार के अंतरिम बजट को आने वाले भविष्य का मास्टर प्लान बताते हुए कहा कि इससे विकास के नये आयामों का आगाज होगा श्री गंगवार ने बरेली म मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है यह बजट देशवासियों के आशा के अनुरूप है उन्होंने आयकर में पांच लाख रूपये तक की छूट को आम आदमी के लिये एक बड़ा तोहफा बताते हुए कहा कि पिछले चार सालों में करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है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

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज विपक्षी दलों पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर विपक्षी दलो को करारा जवाब देगी श्री शाह आज अमरोहा जिले के गजरौला में आयोजित भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया है

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिये भाजपा कृत संकल्प है उन्होंने विपक्षी दलों से मंदिर पर अपना रूख स्पष्ट करने को कहा उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा पेश किये गये अंतरिम बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सबसे संतुलित बजट है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गो के कल्याण क लिये विकास योजनाएं लागू कर रहे हैं जिसका लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है जो मिले भुगतान नहीं करेंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा ने प्रयागराज कुंभ में आज एक स्मरण डाक टिकट का विमोचन किया इस अवसर पर उन्होंने सूचना विवरणिका का भी विमोचन किया श्री सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डाक विभाग निरन्तर अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा है और अपनी सुविधाओं में लगातार बढ़ोत्तरी कर रहा है उन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पार्सल सेवा और पोस्ट आफिस में पासपोर्ट सुविधा का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर सहूलियत मिल रही है इस मौके पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव पसाद मौर्य और उड्डयन मंत्री नन्दगोपाल गुप्ता नन्दी भी मौजूद रहे श्री मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिये सरकार के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई है लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज के कुम्भ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर सोमवार को संगम में दूसरा मुख्य शाही स्नान पर्व होगा बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं की उपस्थिति को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण पुलिस और रेलवे ने व्यापक प्रबंध किये हैं

ये रेलगाडियां रामबाग प्रयागराज घाट झूसी इलाहाबाद शहर और इलाहाबाद जंक्शन में रूकेंगी जो क्म्भ मेला शहर और संगम क्षेत्र के सबसे निकट हैं रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने आज प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर नये स्टेशन भवन द्वितीय प्रवेश द्वार नव निर्मित प्लेटफार्म नम्बर चार यार्ड रिमॉडलिंग और यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया श्री सिन्हा ने कहा रेलवे ने उत्कृष्ट इंतजाम किया है भारी संख्या में आरोबी इरोबी का निर्माण किया है